न्यायालय ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं और इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिंका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है

सरकार सभी छात्रों के मुद्दों को सुनती है और उनके प्रति संवेदनशील है

सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर जयपुर में आयोजित हुए कार्यकमों की कड़ी में श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की इसलिए उनके नाम पर ये योजना शुरू की गई है

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को घूंघट से मुक्ति दिलाने और उन्हें आगे बढाने में समाज के सभी वर्गो से सहयोग करने का आहवान किया कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आईएम शक्ति योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक करोड़ रूपये तक के लोन दिये जायेंगे तथा विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे

इस अवसर पर केन्द्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से सीमावर्ती जिलों में चलायी जा रही विशेष प्रचार गांडी जल योद्वा वाहिनी भी कार्यक्रम में शामिल हई इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हए बीकानेर में हुए कार्यक्रम में बीएसएफ के उप महानिरीक्षक यशवंत सिंह ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे बीएसएफ के जवानों के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मनोरंजन तो होता ही है साथ ही देश में हो रहे विकास की भी जानकारी मिलती है

प्रधानमंत्री ने कार्यकम में शामिल करने के लिए लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है

उसका एक साथी फरार हो गया

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि नशीली दवाओं की यह खेप जयपुर से लाई गई थी

मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा इस दौरान शेखावाटी अंचल भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के सभी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहेगा पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर चूरू और हनुमानगढ जिलों में शीतलहर के साथ तेज ठंड और कोहरा छाए रहने की संभावना जतायी है विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में सबसे कम तापमान माउंट आब् में एक दशमलव चार जबकि सीकर और भीलवाड़ा में तीन दशमलव पांच और तीन दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया